केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा भिण्ड मुरैना शिवपुरी और श्योपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा जाएगा

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा

मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहले से रिकार्डिड वीडियो प्रसारण के माध्यम से सम्बोधित करेंगे

कोविड महामारी के कारण इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्चुअली आयोजित की जा रही है इस सत्र के दौरान भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों में आतंकवाद से निपटने में वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करना शामिल है किसान कल्याण योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की जिन्दगी बदलने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है

श्री चौहान ने इस मौके पर किसानों से सीधा संवाद भी किया सीधी जिले में एक लाख से अधिक लोगों को सम्मान निधि वितरित की गई

देवास और खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आयोजित कार्यकम में कई किसान उपस्थित रहे

पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और संरक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं हर एक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानिए अपनापन की रक्षा वही कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है जब द्रसरा मेरी रक्षा करता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ

यह जानकारी आज केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तौमर ने मुरैना के नूराबाद उद्यानिकी परिसर में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के भूमिपूजन के दौरान दी

वहीं होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है इसके तहत प्रायवेट डॉक्टर घर पर विजिट कर सकेंगे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

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हुई

श्योपुर जिले में मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परीषद द्वारा आदिवासी वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कौशल उन्नयन विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

दोनों बच्चे सगे भाई थे